बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगभग छह हजार हुई

प्रदेश में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मॉनसून के पहुंचने के आसार

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोविड उन्नीस महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि आईसीएमआर द्वारा रक्त सीरम सैंपल से संबंधित सर्वेक्षण सीरो सर्वे में देश को तिरासी जिलों में आबादी में एक प्रतिशत से भी कम में संक्रमण पाया गया है डॉक्टर भार्गव ने कहा कि सर्वे के अनुसार छब्बीस हजार से अधिक लोगों में केवल शून्य दशमलव सात तीन प्रतिशत में ही संक्रमण पाया गया सीरो सर्वे के परिणाम में यह भी बताया गया है कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट की नीति सफल रही है और इससे संक्रमण की दर कम करने और तेजी से इसका फैलाव रोकने में मदद मिली है सर्वेक्षण के अनुसार देश की काफी बड़ी आबादी में अब भी महामारी से संक्रमण का खतरा बना हुआ है वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस समय ठीक हुए रोगियों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में अधिक है

इसके साथ ही बहुत ही पोजिटिव न्यूज यह है कि नम्बर ऑफ पेरोंट रिकवर्ड अब वह नम्बर एकसीड करता है नम्बर ऑफ एकटिव पैरोंट से

पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड उन्नीस के मामलों में भारत अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है और इसके लिए किए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं

दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट का मुकाबला देने में प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग छह हजार हो गयी है अब तक तीन हजार छियासी कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि चौंतीस लोगों की मौत हो चूकी है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ पचास नये कोरोना संक्रमितों की पहचान की गयी है सीवान में सबसे अधिक तेईस मरीजों की पहचान हुई है वहीं मधेपुरा में सोलह कैमूर में दस भोजपुर में नौ रोहतास में छह सारण में पांच भागलपुर और कटिहार में चार चार बेगूसराय किशनगंज शेखपुरा और समस्तीपुर में तीन तीन पूर्णिया जमूई औरंगाबाद बक्सर गया तथा जहानाबाद में दो दो जबकि नवादा लखीसराय दरभंगा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मधुबनी अररिया और सहरसा में एक एक कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है संक्रमितों में से अधिकतर दूसरे प्रदेश से आये हुए लोग हैं इन सभी की स्क्रीनिंग के बाद प्रखंडस्तरीय क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में अब तक एक लाख तेरह हजार दो सौ पच्चीस सैंपलों की जांच की गयी है प्रदेश के बत्तीस जिलों में ट्रनेट मशीन के जरिए कोरोना की प्रारंभिक जांच की जा रही है पटना के एनएमसीएच स्थित कोरोना नॉडल सेंटर में बाईस मरीज भर्ती किये गये हैं इसके साथ ही पटना में कोरोना संक्रमितों की संख्या तीन सौ तक पहुंची गयी है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन है प्रदेश में अभी तीन सौ पच्चीस कंटेनमेंट जोन अलग अलग जिलों में है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में गठिया रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को परस्पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने हाथों की स्वच्छता तथा खांसते और छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इन सभी जिलों में टिड्डियों से बचाव के लिए कृषि से जुड़े सभी पदाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है साथ ही इन जिलों के सभी कीटनाशक दुकानों को रात में भी खोलने को कहा गया है निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रारंभिक तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में जिलों में सभी बूथों पर भौतिक निरीक्षण ईवीएम को मंगाने सहित चुनाव से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार चुनाव आयोग की स्तर से समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी है बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी जिलों में बहत्तर हजार बूथों के भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण पटना सहित राज्य के सभी जिलों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मॉनसून के पहुंचने की अनुकूल दशा बनी हुई है अगले अडतालीस घंटों के दौरान प्रदेश में मानसून के पहुंचने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार पूर्णियां और आसपास के क्षेत्र में मानसून पहले पहुंचेगा इस समय देश की पूर्वोत्तर हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है इधर प्रदेश के कई हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है मौसम विभाग के अलर्ट में कहा गया है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान सुपौल अररिया किशनगंज मधेपुरा सहरसा पूर्णिया कटिहार भागलपुर बांका मुंगेर और खगड़िया जिले में पचपन से सत्तर किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कहा है कि विभिन्न विषयों में तय सीट से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन लेने पर संबंधित कॉलेज के प्राचार्य पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी राज्यपाल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा बैठक में कोरोना के कारण के कारण कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बाधित पढ़ाई को पूरा करने के लिए प्रतिदिन एक घंटा शिक्षण अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया उन्होंने विश्वविद्यालयों को ऑनलाईनन इंटरेक्टिव क्लासेज के माध्यम से पाठ्यक्रमों को पूरा करते हुए यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा है राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को नामांकन और पंजीकरण की व्यवस्था भी समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा मुहैया कराने के वास्ते सामान्य सेवा केंद्रों के साथ समझौता किया है श्रम मंत्रालय ने कहा है कि करीब तीन लाख पैंसठ हजार समान्य सेवा केंद्रों को नेट के जरिए ईपीएफओ अपने पैंसठ लाख पेंशनधारियों को घर के नजदीक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करेगा कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनधारकों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडता है सामान्य सेवा केंद्रों के अलावा ईपीएफओ पेंशनधारक एक सौ पैंतीस क्षेत्रीय कार्यालयों एक सौ सत्रन जिला कार्यालयों और पेंशन वितरक बैंकों के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ पेंशनधारी अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष में किसी भी समय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा इससे पहले पेंशनधारकों को नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पडता था यह कदम ईपीएस पेंशनधारकों को बाधा मुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष दो हजार बीस के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग जारी की है देश के शीर्ष सौ शैक्षणिक संस्थानों में आईआईटी पटना को चौबनवां रैंक मिला है आईआईटी पटना का स्कोर अड़तालीस दशमलव शून्य नौ है इससे पहले दो हजार उन्नीस में आईआईटी पटना को उनसठ स्थान मिला था शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन का संशोधित शिड्यूल जारी किया है इसके अंतर्गत तीस हजार से अधिक माध्यमिक शिक्षकों को नगर निकायों में चौदह जुलाई और जिला पर्षद में पन्द्रह जुलाई को नियोजन पत्र जारी कर दिये जायेंगे शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने बताया कि इन सभी शिक्षकों को पंचायतों में स्थित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में ही पदास्थापित किया जायेगा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई प्रकाशित रिक्तियों के अधीन ही पूरी होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक की कॉपियों की स्क्रुटनी के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि है इसके बाद स्क्र्टनी की तिथि घोषित की जायेगी गौरतलब है कि छब्बीस मई को मैट्रिक का परिणाम घोषित किया गया था समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज से इंटर की कॉपियों की भी स्क्टनी शुरू हो रही है इंटर की कॉपियों की स्क्रुटनी का कार्य अठारह जून तक चलेगा खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कहा है कि बांस की डंडियों पर आयात शुल्क में जो बढ़ोतरी की गयी है उससे देश में अगरबत्ती और बांस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा

श्री सक्सेना ने कहा कि अगरबत्ती उद्योग आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर सकता है भारत में हर साल एक करोड़ छियालीस लाख टन बांस का उत्पादन होता है और सत्तर हजार किसान बांस की खेती में लगे हैं डाक विभाग ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली और मुम्बई जाने वाले पार्सल और चिट्ठी की बुकिंग पर रोक लगा दी है इस संबंध में संचार और डाक मंत्रालय के निदेशक ने सभी डाक सर्किल को निर्देश जारी कर दिया है लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करने के लिए तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की है पिछले पांच दिनों में पेट्रोल के दाम में दो रूपये चौहत्तर पैसे और डीजल की कीमतों में दो रूपये तिरासी पैसे की वृद्धि की गयी है पटना जिला प्रशासन ने आज से पटना स्थित गांधी मैदान को खोलने का निर्देश दिया है जारी निर्देश के अनुसार गांधी मैदान को मॉर्निंग वॉकरों के लिए सुबह पांच से दस बजे तक और आम लोगों के लिए शाम चार बजे से सात तक खुलेगा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब रेलवे के आरक्षण काउंटर यात्रियों को प्रिंटेड टिकट नहीं मिलेगा टिकट आरक्षण की पूरी जानकारी मोबाईल पर ही यात्रियों को दी जायेगी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 न्यायालय द्वारा सुनवाई से इनकार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक लगाया है सुप्रीम कोर्ट बोला मौलिक अधिकार नहीं है आरक्षण वहीं हिन्दुस्तान का शीर्षक है बेगूसराय में गंगा पर बनेगा एक और पुल दैनिक भास्कर की सुर्खी है बिहार चुनाव के लिए मोदी सरकार का ट्रम्प कार्ड ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा आठ से बढा बारह लाख करने की तैयारी दैनिक जागरण का शीर्षक है राज्य सरकार नौ अगस्त को लगायेगी दो करोड़ इक्यावन लाख पौधे आज अखबार की सुर्खी है चीन की चालबाजी से भारत चौकन्ना लद्दाख से अरूणाचल तक बार्डर पर बढ़ायी सेना

बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगभग छह हजार हुई

प्रदेश में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मॉनसून के पहुंचने के आसार